मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से इस निर्णय का सम्मान करने की अपील की

उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से निर्णय देते हुए अयोध्या में विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यों की संविधान पीठ ने लगभग एक सदी पुराने विवाद का निपटारा कर दिया एक रिपोर्ट बाईट आनंद कुमार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में अयोध्या में विवादित जगीन को केन्द्र को सौंपे जाने का निर्णय किया साथ ही मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा मुस्तिम समुदाय को उनकी मजिस्द के लिए पांच एकड़ जमीन दी जाएगी न्यायालय ने केन्द्र तथा उत्तार प्रदेश सरकार को मरिजद निर्माण के लिए प्रमुख स्थान पर मुस्तिम समुदाय के लिए पांच एकड़ जगीन आवंटित करने का निर्देश दिया

न्यायालय ने निर्मोसी अखाड़े की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें विवादित जमीन पर नियंत्रण की मांग की गई थी न्यायालय ने यह भी कहा कि विवादित रथल के नीचे की संरचना इस्तानिक संरचना नहीं है सुपर्णा के साथ आनंद कमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली एक हजार से अधिक प्रष्ठों के अपने फैसले में न्यायालय ने कहा कि हिन्दुओं के इस विश्वास को लेकर कोई विवाद नहीं है कि भगवान राम का जन्म ध्वस्त ढांचे के स्थान पर हुआ था न्यायमूर्ति एसए बोबडे डीवाई चन्द्रचूड अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की खंड पीठ ने कहा कि विवादित दो दशमलव सात सात एकड़ भूमि का मालिकाना हक रामलला को सौंपा जाएगा जो इस मुकदमे के तीन पक्षकारों में से एक हैं पंरतु यह भूमि केंद्र सरकार के रिसीवर के कब्जे में रहेगी यह ऐतिहासिक निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो हजार दस के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में दाखिल की गई चौदह अपीलों के संदर्भ में सुनाया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और न्यायपालिका के इतिहास में यह स्वर्णिम अध्याय है राष्ट्र के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले ने साबित किया है कि कठिन से कठिन मसले का संविधान और कानून के दायरे में समाधान संभव है

इस विषय पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुना बहुत धैर्य से सुना और पूरे देश के लिये खुशी की बात है यह फैसला सर्वसम्मति से आया आज के दिन का संदेश जोड़ने का है जुड़ने का है और मिलकर जीने का है प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला एक नया सबेरा लेकर आया है श्री मोदी ने कहा कि हमे यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नये सिरे से नये भारत के निर्माण में जुट जायेगी उन्होंने कहा कि नये भारत में भय कट्रता और नकारात्मकता को कोई स्थान नहीं है श्री मोदी ने कहा कि इस फैसले को आम लोगों ने खूले दिल से स्वीकारा जो बदलते भारत की तस्वीर है

वह भारत की पुरातन संस्कृति परंपराओं और सद्भाव के भावना को प्रतिबिंबित करता है सवा सौ करोड़ देशवासी खुद आज इतिहास के अंदर एक नये स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय को अपने कर्तव्य और दायित्व को प्राथमिकता देते हुये काम करना है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उच्चतम न्यायालय के सर्वसम्मत निर्णय का स्वागत किया है एक ट्वीट संदेश में गृहमंत्री ने सभी समुदाय और धर्म के लोगों से अपील की है कि वे इस निर्णय को स्वीकार करें और शांति तथा सौहार्द बनाये रखें देशभर में राजनीतिक नेताओं विद्वानों और धर्म गुरूओं ने लोगों से अपील की है कि वे रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखते हुए शांति और सद्भाव बनाए रखें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो अयोध्या भूमि विवाद मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करता है लेकिन इससे संतुष्ट नहीं है मीडिया के साथ बातचीत में बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाये रखने की अपील की उन्होंने कहा कि फैसले के अध्ययन के बाद बोर्ड पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लेगा अयोध्या मामले के पक्षकारों में इकबाल अंसारी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है विश्व हिन्द्र परिषद निर्मोही अखाड़ा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महत्वपूर्ण और निर्णायक बताते हुये इसका स्वागत किया है कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वह अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में है राज्यपाल फागू चौहान ने अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आम लोगों से सम्मान करने की अपील की है श्री चौहान ने कहा है कि इसे किसी पक्ष की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अयोध्या विवाद मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए और इस पर अब आगे कोई विवाद नहीं होना चाहिए आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बहुत स्पष्ट है जिसमें सरकार को भी कुछ जिम्मेदारियां दी गयी हैं मुख्यमंत्री ने लोगों से आपसी सौहार्द बनाये रखने की अपील की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुये कहा है कि यह फैसला भारत की एकता अखंडता और महान संस्कृति को और मजबूत करेगा भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि इस फैसले से परंपरा आस्था और भावनाओं का सम्मान हुआ है राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुये लोगों से आपसी भाईचारा बनाये रखने की अपील की है अयोध्या मामले मे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है एहतियात के तौर पर कई जिलों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है साथ ही सोशल मीडिया पर पुलिस द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है इधर भागलपुर बेगूसराय और शेखपुरा जिले में सुरक्षा बढ़ाते हुए सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को सोमवार तक के लिये बंद कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि करतारपुर गलियारे और एकीकृत जांच चौकी के खुलने से दोगुनी खुशी मिली है गुरू नानक देव जी महाराज के पांच सौ पचासवें प्रकाशोत्सव पर श्री मोदी आज करतारपुर गलियारे के उदघाटन के बाद गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक पर श्रद्धालुओं को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि करतारपुर गलियारे के खुलने के बाद दरबार साहिब गुरूद्वारा पर मत्था टेकना सरल हो जायेगा उन्होंने भारत की इस भावना को समझने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का धन्यवाद किया प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरू नानक देव मानवता के लिए पूज्य और प्रेरणा स्रोत हैं वाईट पीएम गुरू नानक देव जी सिर्फ भारत की ही धरोहर नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा पुंज है गुरू नानक देव एक गुरू होने के साथ साथ एक विचार है जीवन का आधार है प्रधानमंत्री द्वारा करतारपुर गलियारे के उद्घाटन पर प्रदेश के सिख श्रद्धालुओं ने भी प्रसन्नता व्यक्त की है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से इस निर्णय का सम्मान करने की अपील की